आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें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

बैठक के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा कोरोना के हालात के मामले में भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है उन्होंने कहा कि थोड़ी से लापरवाही से स्थिति बिगड़ सकती है इसलिए हम सबको और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है देश में एक सौ साठ से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं

कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर एक दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है

वहीं दो हजार दो सौ दो सक्रिय केस हैं

राजधानी रांची समेत राज्यभर में कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है इसके साथ ही सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को कोरोना जांच में तेजी लाने का आदेश दिया है रांची के उपायुक्त ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया है उधर जमशेदपुर में मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों को आठ घंटे कैम्प जेल में रखने का निर्देश जारी किया गया है धनबाद में भी मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है राज्य के अन्य हिस्सों में भी कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई करने की तैयारी की गई है

आज गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विधायी कार्यकारी और न्यायपालिका का सामंजस्य पूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन का उदघाटन करेंगे इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें भाग लेने वाले पीठासीन अधिकारी अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करेंगे उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को और अधिक उपयोगी बनाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी

खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की सम्प्रभुता और अखंडता रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है

उन्होंने कहा कि सर छोटू राम ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा और किसान कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटू राम ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया उन्होंने कहा कि छोटू राम श्रमिकों वंचितों और शोषितों की आवाज बने और समाज के उत्थान के लिए उनका योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा

चारा घोटाले मे सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर सीबीआई ने आज अपना जवाब झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल किया सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में अब तक आधी सजा नहीं काटी है

उसने अदालत से लालू प्रसाद को जमानत नहीं देने की अपील की है गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में आधी सजा काट लेने और कई तरह की बिमारियों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है

नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के सिलदाग ंखामडीह जंगल से सुरक्षा बलों ने एक रायफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है जिले के पूलिस अधीक्षक रिषभ झा ने पत्रकारों को बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी को गिरफ़तार जोनल कमांडर कृष्णा गंझू की निशानदेही पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को यह सफलता मिली नक्सलियों ने ये सभी सामान जमीन के नीचे दबाकर रखे थे

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने शौचालय निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शौचालय निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर कड़ी कारवाई की जायेगी उपायुक्त ने जिले के प्रत्येक गांव और टोले में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखण्ड अंतगर्त डंडिला पंचायत में मनरेगा के कार्यो में जेसीबी का प्रयोग किये जाने पर कार्यकारी एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है इसके अलावा संबंधित पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सेवक मुखिया और कनीय अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश दिया गया है गौरतलब है कि मनरेगा के कार्यो में जेसीबी के इस्तेमाल की शिकायत सोशल मीडिया के जरिये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की गई थी मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के उपायक्त को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया था जिले के उपविकास आयुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि मामले की जांच हुसैनाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से कराई गई तो आरोप सत्य पाया गया उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यो में जेसीबी का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है

समाहरणालय परिसर में आयोजित एक समारोह में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि यह रथ जिले के सुदुरवर्ती इलाकों में घूम घूम कर निबंधन के लिए प्रेरित करेगा

इस मेगा किचन का निर्माण हो जाने से जिले के करीब एक लाख बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील मिल सकेगा सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि अक्षय पात्रा द्वारा बनाये जा रहे मेगा किचन का निर्माण अगले डेढ़ साल में पूरा हो जायेगा

इसके तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिला प्रशासन को छह लाख इकसठ हजार नौ सौ रूपये की राशि देगी यह राशि कोरोना संकमण काल में होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने में खर्च की जायेगी

पिछले दिनों नेतरहाट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन स्थलों को विकसित करने का संकेत दिया

तिहतर साल के देवल सहाय ने रांची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली पिछले तीन महीने से वे बीमार चल रहे थे